मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बागवानी अधिकारियों को बागवानों के घर के समीप या गांव के आधार पर कीटनाशक खाद और पौधों के संरक्षण की अन्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने कहा कि बागवानों को समय पर मधुमक्खी के बक्से व एंटी हेलनेट की आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने गुजरात से एंटी हेलनेट की आपूर्ति में तेजी लाने के अधिकारियों को आदेश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी व सरकारी क्षेत्रों में एंटी हेलगन के लिए सिलेंडरों की आपूर्ति भी करेगी मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने बागवानों की मांगों के प्रति संवेदनशीलता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है इस बीच जयराम ठाक्र ने आज शिमला में पश्पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पशु चारे व मत्स्य आहार की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया उन्होंने अधिकारियों को रोज़ाना चारे की आपूर्ति पर निगरानी रखने को कहा मुख्यमंत्री ने चारे की आपूर्ति के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को शामिल करने की ज़रूरत बताई रबी फसलें केन्द्र सरकार लॉकडाउन के दौरान रबी फसलों की सुचारू कटाई और गर्मियों की फसलों की बुआई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कृषि सहकारिता व किसान कल्याण विभाग ने सभी राज्यों और बीमा कंपनियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस के जरिये दावों के भुगतान रबी फसलों की कटाई की स्थिति फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण तथा स्मार्ट सैंप्लिंग तकनीक की समीक्षा की बैठक में सुनिश्चित किया गया कि किसानों को लॉकडाउन के दौरान किसी प्रतिकूल हालात का सामना न करना पड़े फसल बीमा सुविधा को सुगम बनाने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए लॉकडाउन में काम करने के लिए पास जारी करने को कहा गया है ताकि वे फसल कटाई के समय उपस्थित रह सकें

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि पीजीआई में ओपीडी सुविधा बंद है इसलिए मरीजों की सुविधा के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा

हिमाचल भवन नई दिल्ली के उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने बताया कि इसके लिए मोबाईल हेल्पलाईन वैन चलाई जा रही है

सेना भर्ती कार्यालय शिमला के एक प्रवक्ता ने बताया है कि ये भर्ती शिमला सोलन किन्नौर और सिरमौर जिले के युवाओं के लिए आयोजित की जानी थी